इसके लिये प्रभावित जिलों में उच्चाधिकारियों को भेजकर स्थिति पर निगरानी रखी जा रही हैं श्री गहलोत ने लोगो से अपील की है कि स्वाईन फ्लू के लक्षण सामने आने पर वह शीघ्र ही चिकित्सक से परामर्श लें

हमारे जोधपुर संवाददाता ने बताया कि कल जोधपुर में एक रोगी की स्वाईन फ्लू से मौत हो गई

उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने पत्रकारों को बताया कि सभा की सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई है और इस सभा से किसानों और नौजवानों में एक नई ऊर्जा का संचार होगा

केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कहा कि केन्द्र सरकार ने ग्रामीण इलाकों में स्कूल व्यवस्था को मजबूत बनाने और निर्धन प्रतिभाओं को शिक्षा का अवसर देने के लिये यह कदम उठाया है

राज्य सरकार ने आईपीएस दिनेश एमएन को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर में आईजी के पद पर लगाया है वहीं बीजू जॉर्ज जोसफ को जोधपुर के पुलिस आयुक्त की जिम्मेदारी सौंपी है इसके अलावा सचिन मित्तल को जोधपुर रेंज का और संजीव कमार नर्जरी को अजमेर रेंज का आईजी बनाया गया है

इनमें जयपुर पुलिस कमिश्नरेट के उत्तर क्षेत्र में राहुल प्रकाश को पूर्व में डॉक्टर राहुल जैन को और दक्षिण में योगेश दाधीच को उपायुक्त के पद पर लगाया गया है इसके अलावा हैदरअली जैदी को भरतपुर कैलाश चन्द्र विश्नोई को अजमेर हेमंत कुमार शर्मा को श्रीगंगानगर डॉक्टर अमनदीप सिंह कपूर को सीकर जिले का पुलिस अधीक्षक बनाया गया है

जिले में इन दिनों हजारों की तादाद में देशी विदेशी प्रवासी पक्षी कई जलाशयों पर अपना डेरा डाले हए है

चौथा और अंतिम टेस्ट मैच भी भारत जीतने की कगार पर पहुंच गया था एकबारगी भारत ने ऑस्ट्रेलिया को फॉलोओन खेलने पर मजबूर भी कर दिया

लेकिन पांचवे दिन वर्षा के कारण खेल नहीं हो सका और मैच डॉ घोषित कर दिया गया

वहीं ऑस्ट्रेलिया को फॉलोओन खिलाने में एक बड़ी भूमिका कुलदीप यादव की रही

चेतेश्वर पुजारा को मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया है

इसके अलावा श्रीगंगानगर और बीकानेर में कुछ स्थानों पर भी बारिश के समाचार है